प्रदेश में सड़क रेल और हवाई यातायात तेजी से हो रहा है सामान्य जयपुर और बीकानेर के अलावा राज्य की सभी निचली अदालतें भी आज से नियमित रूप से खुलीं प्रदेश के कूछ भागों में आज बारिश की संभावना तीन चार दिन में न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट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

नामांकन भरने का आज अंतिम दिन था और कांग्रेस भाजपा तथा आरएलपी के प्रत्याशियों की सूचियां कल शाम से लेकर आज सुबह तक जारी होती रही कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के बागी नेताओं के बड़ी संख्या में नामांकन के समाचार मिले हैं

इससे पहले कल रात और आज सुबह कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के कई नेताओं ने टिकिट नहीं मिलने पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन किया इन नगर निगमों में कल नामांकन पत्रों की जांच होगी

इधर राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने नगर निगम चुनाव के तहत पोस्टर बैनर स्टीकर या अन्य प्रचार सामग्री लगाकर शहर का सौंदर्य बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं इस बीच जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने आज निगम चुनाव के दौरान कानून और शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली प्रदेश में कल से मूंग उड़द और सोयाबीन की खरीद के लिए पंजीयन शुरू होंगे सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव कृंजीलाल मीणा ने बताया कि आगामी आदेशों तक मृंगफली के पंजीयन स्थगित किये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की नोडल एजेन्सी नेफैड ने समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद करने में असमर्थता जताई है

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने केन्द्र द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढोतरी के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है

लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला उचित समय पर और सऊदी अरब तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज आयुष्मान सहकार योजना की शुरूआत की यह योजना देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में सहयोग ँ करने के लिए सहकारी समितियों की अनूठी पहल होगी आय्ष्मान सहकार योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी ने बनाई है श्री तोमर ने कहा कि आर्ने वाले दिनों में एनसीडीसी सक्रिय सहकारी समितियों को दस हजार करोड रूपये तक का ऋण दे सकती है उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के मद्देनजर अधिक से अधिक सुविधाएं बढाने पर जोर दिया गया है

आज लगातार तीसरे दिन संक्रमण के दो हजार से कम नए मामले सामने आए

इस बीच प्रदेश में सड़क रेल और हवाई यातायात अब तेजी से सामान्य होता जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि निजी बसों के साथ इन दिनों बड़ी संख्या में रोड़वेज की बसे संचालित हो रही हैं

अदालतों में कामकाज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से भी जारी रहेगा

जयपुर और बीकानेर में एक नवम्बर तक पूर्व निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ही काम होगा

नाथद्वारा मंदिर मंडल ने दर्शनों के दौरान कोविड गाइड लाइन की पालना के पृख्ता प्रबंध किए हैं

प्रदेश में भी कई कार्यकमों के जरिये जनता से सतर्क रहने की अपील की जा रही है बीकानेर में हारेगा कोरोना जीतेगा बीकाणा अभियान के दौरान आज जिला कलेक्टर ने ई संकल्प की शुरूआत की जन आंदोलन में विभिन्न हस्तियां भी पूरा सहयोग कर रही हैं

आकाशवाणी के ही एक नियमित श्रोता बाडमेर निवासी गणेश ने भी अपने संदेश के माध्यम से कहा है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए दो गज की दूरी और मास्क लगाना जरूरी है उन्होंने कहा कि हाथ हरगिज न मिलाएं नमस्ते से ही काम चलाएं आकाशवाणी के माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जनजागरुकता आंदोलन से जुड सकते हैं

मुख्यमंत्री ने इसके लिए एनएचएम की ओर से प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है गौरतलब है कि प्रदेश के सभी जिलों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए सीएचओ के पदों पर संविदा आधार पर भर्ती की जा रही है